मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए

भारतीय वैज्ञानिकों और तकनोकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा बाइट नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सी न विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्रेम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हुई है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास देशों में शामिल है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारो का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी बाइट मैं चाहूंगा कि सीएसआईआर वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढी से साझा करें इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे मापिकी के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे द्रनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण सहित अन्य चरणों में कोरोना वैक्सीनशन की कार्रवाई सम्पादित की जाये

उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिये ड्राई रन की कार्रवाई पूरी प्रतिबद्धता से की जाये इससे वैक्सीनेशन के कार्य को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सुविधा होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण और प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था तथा बेहतर परिवहन के लिये सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य में प्रतिदिन डेढ़ लाख सैम्पल की जांच हो

उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता से कार्यशील रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिये किसानों का हित सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर प्रदेश में धान खरीद को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं और किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित कराने के लिये कहा गया है उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था करते हुए धान की खरीद की जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाये मुख्यमंत्री ने धान खरीद की समीक्षा नियमित रूप से करने के भी निर्देश दिये उन्होंने पीएम कुसुम योजना के कार्यो में तेजी लाने के भी निर्देश दिये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

सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है

पत्र सूचना कार्यालय रक्षा शाखा की विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिये भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस सैनिक जनरल ड्यूटी के नामांकन के लिये एएमसी सेन्टर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया जायेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जनपदों की पांच हजार आठ सौ अट्ठानवे महिला उम्मीदवारों का इस रैली प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है

विस्तृत जानकारी वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसीडॉट इन पर उपलब्ध है विज्ञप्ति में विशेष रूप से आगाह किया गया है कि अभ्यर्थी दलालों और नशीली दवाओं के सेवन से बचे आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और घन कोहर की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार कल और छह जनवरी को राज्य के सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बागपत मेरठ गाजियाबाद हापुड़ गौतमबुद्धनगर बुलन्दशहर अलीगढ़ फर्र्रखाबाद कन्नौज बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद रामपर संभल बरेली पीलीभीत शाहजहांपर बदायूं और कांसगंज तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है वहीं पांच और छह जनवरी को शामली सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर बागपत गाजियाबाद हापुड़ गौतमबुद्ध नगर बिजनौर मुरादाबाद और रामपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना है

अमरोहा जनपद में आज सुबह गजरौला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत राजमार्ग पर गांव मोहम्मदाबाद के निकट एक कंटर के पलट जाने से उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गये यह दुर्घटना कंटेनर के टायर पंचर होने के कारण बताई जा रही है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिय हैं गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में छत गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें नगरपालिका परिषद की कार्यकारी अधिकारी नीहारिका सिंह अवर अभियंता चन्द्रंपाल और निरीक्षक आशीष शामिल हैं कल इस दुर्घटना के संबंध में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी

समाप्त